प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती मण्डल में चालिस वर्षो से मासुन बच्चे इंसेफेलाइटिस का शिकार हो रहे थे स्वच्छता अभियान से इस पर भी कारगर अंकृश लगा है इसेफेलाइटिस से मौतों की संख्या निन्यानवे प्रतिशत कम हयी है मुख्यमंत्री आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में ब्रहमलीन महत अवेद्यनाथ की श्रद्वाजलि सभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होने कहा कि सन दो हजार सत्रह से इंसेफेलाइटिस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू ह्यी जिसके बेहतर परिणाम सामने आये हैं मुख्यमंत्री ने सभी से अभियान से जुड़ने की अपील की राज्यपाल श्रीमती आनन्दी बेन पटेल ने कहा है कि शिक्षक का दर्जा समाज में हमेशा से पृज्यनीय रहा है वह शिल्पकार के रूप में अपने विद्यार्थी का जीवन गढता है राज्यपाल आज उद्वव सोशल वेलफेयर सोसाइटी बरेली द्वारा कोविड नाइन्टीन महामारी एवं शिक्षक की भूमिका विषय पर आयोजित एक वेब संगोष्ठी को राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सम्बोधित कर रहीं थीं उन्होंने कहा कि एक शिक्षक अपने जीवन के अन्त तक विद्यार्थी के लिये मार्गदर्शक की भूमिका निमाता रहता है और समाज को भी सही मार्ग दिखाता है उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के कारण शिक्षण की क्रमबद्धता बाधित हयी थी इसलिये ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की शुरूआत की गयी है इससे रिक्षाशास्त्र के नये प्रारूप को गति मिली है इस संगोष्ठी में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार भी शामिल हये देश में पिछले चौबीस घंटों में कोविड से तिहत्तर हजार छः सौ चालीस रोगी स्वस्थ हुए हैं एक दिन में ठीक होने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है स्वस्थ होने वालों की संख्या लगभग बत्तीस लाख हो चुकी है मरीजों के ठीक होने की दर सतहत्तर दशमलव तीन दो प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि क्ल संक्रमित लोगों में से सक्रिय मामलों की संख्या बीस दशमलव नौ छह प्रतिशत रह गई है ठीक हए लोगों की संख्या मरीजों से लगभग तीन दशमलव सात गृना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों में स्वस्थ होने वाले कोविड मरीजों की संख्या चार गुना हो गई है जांच पहचान और उपचार की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हई है इस समय देश में कोविड से होने वाली मृत्य दर एक दशमलव सात दो प्रतिशत है उत्तर प्रदेश पंजाब और मध्य प्रदेश में पॉजिटिव मामलों की दर पांच प्रतिशत से भी कम रही है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जांच का दायरा लगातार बढाए जाने के कारण पॉजिटिव मामलों का श्रूआती दौर में ही पता लगाना संभव हो पाया और लोगों को अस्पतालों और घरों में प्रथकवास में रहना आसान हआ मंत्रालय के अनुसार इससे मृत्यु दर भी कम रही पिछले चौबीस घंटे में कोविड के नबे हजार छः सौ तैंतीस नये रोगी सामने आने से संक्रमित लोगों की क्ल संख्या इकतालिस लाख तेरह हजार आठ सौ बारह हो गई है इस समय देश में आठ लाख बासठ हजार तीन सौ बीस लोगों का उपचार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में एक हजार पैंसठ लोगों की मृत्यू होने से इस बीमारी से मरने वालों की संख्या सत्तर हजार छः सौ छब्बीस हो गई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डाक्टर रणदीप गूलेरिया ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लोगों को सुरक्षित दरी बनाये रखने तथा स्वच्छता के मानकों का कडाई से पालन करने की सलाह दी है अखिल भारतीय आयर्विज्ञान संस्थान में फेफडा रोग विभाग के अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ अनत्त मोहन ने लोगों को डॉक्टर के परामर्श के बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या मलेरिया रोधी दवा न लेने को कहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बीस की भूमिका चौंतीस वर्ष बाद हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई है इसके माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य है भारतीय रेल बारह सितंबर से अस्सी नई विशेष यात्री रेलगाडियों का संचालन करेगा ये रेलगाडियां देशभर में चल रही दो सौ तीस यात्री गाडियों के अतिरिक्त होंगी

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि आरक्षण की मांग और प्रतीक्षा सुची पर रेलवे की नजर है रेल विभाग ने देवलाली और मुजफ्फरपुर के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली किसान रेल को मंगलवार से सप्ताह में तीन बार चलाने का निर्णय लिया है पिछले महीने की सात तारीख से शुरू की गई इस रेलगाड़ी में सीटों की मांग लगभग चार गुना बढ़ गई है